मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सोमवार को मंत्रालय में संभागायुक्त आईजी कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए दिये

प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए उन्होंने कहा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए

श्री सिलावट को जल संसाधन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग दिया गया है

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आठ जनवरी को फिर से बैठक करने का फैसला किया है श्री तोमर ने कहा कि पिछली बैठक में हई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले दिमाग से किसानों के मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को इसके निराकरण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों कृ षि कानूनों पर खंडवार चर्चा करें लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे डिजी लॉकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विमागों को डिजी लॉकर को अपनाने के लिए तेजी से काम करने को कहा है एक द्वीट में श्री जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार ने इस साल पहली जनवरी से दस्तावेजों को जारी और उन्हें सत्यापित करने के लिए डिजी लॉकर के साथ अपनी सभी प्रणालियों को एकीकृत करने का निर्णय लिया है

मंदसौर पशुपालन विभाग उपसंचालक डॉ मनीष इंगोले ने बताया कि मृत पाए गए चार कौवों के सेम्पल भेजे गए थे जिनमें बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है

इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की नवीन नीति तैयार की जाएगी उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की नवीन नीति बनाने के दौरान इसे सबके सामने रखा जाएगा और सभी शिक्षक संगठनों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे

इनका उद्देश्य एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए पात्र दिव्यांगों का चयन करना है